डेंगू से आज एक और युवक की मौत भिलाई निवासी युवक का राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था उपचार

अटल अस्थि कलश यात्रा भारतीय जनता पार्टी देश के सभी जिलों में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा निकालेगी और अस्थियों को देश भर की नदियों में विसर्जित किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में अस्थि कलश पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों को सौंपे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक अस्थि कलश लेकर रायपुर पहुंचे श्री कौशिक ने मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को स्वामी विवेकानंद विमानतल में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के अस्थि कलश को सौंपा विमानतल से ही अस्थि कलश यात्रा शुरू हुई जो भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर पहुंची रास्ते में जगह जगह बड़ी संख्या में लोगों ने स्वर्गीय वाजपेयी को अपनी भावपूर्ण श्रद्दांजलि अर्पित की मुख्यमंत्री ने इस अस्थि कलश को प्रदेश के सभी जिलों के भाजपा जिलाध्यक्षों को सौंपा पूर्व प्रधानमंत्री के अस्थि कलश को कल राजधानी रायपुर के टाउनहाल में दर्शनार्थ रखा जाएगा गौरतलब है कि कल से प्रदेशभर में अटल अस्थि कलश यात्रा निकाली जाएगी कल ही राजिम के त्रिवेणी संगम सहित प्रदेश की पवित्र नदियों में अटल जी की अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा निर्वाचन तैयारी समीक्षा मुख्य सचिव अजय सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों तथा निर्देशों का गंभीरता से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं वीडियो कांफ्रेंसिंग में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे मुख्य सचिव ने कहा कि पहली बार जिला निर्वाचन अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन करने वाले कलेक्टर निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्याओं के निराकरण के लिए सीधे राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मार्गदर्शन ले सकते हैं वीडियो कांफ्रेंसिंग में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साह ने विभिन्न निर्वाचन प्रक्रियाओं की प्रगति की जिलेवार समीक्षा की डेंग् मौत डेंगू से आज एक और युवक की मौत हो गई मिली जानकारी के मुताबिक मंगलबाजार छावनी भिलाई निवासी बीस वर्षीय युवक का उपचार राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई युवक को इक्कीस अगस्त को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था डेंगू मदद इस बीच केन्द्र सरकार ने प्रदेश में डेंगू के बढ़ते मामले को देखते हुए हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने कल नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर प्रदेश में डेंगू के बढ़ते मामले से अवगत कराया और उनसे मदद की अपील की सुश्री पांडेय ने दूर्ग भिलाई में डेंगू से हई मौतों और मरीजों की संख्या में लगातार हो रही वृद्वि की जानकारी भी दी श्री नड़डा ने मामले को गंभीरता से लेते हए हरसंभव मदद की बात कही है इधर राज्य सरकार द्वारा डेंगू सहित मौसमी और संक्रामक बीमारियों को फैलने से रोकने और पीड़ितों के समुचित इलाज के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं इस सिलसिले में मुख्य सचिव अजय सिंह ने वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिये सभी जिला कलेक्टरों और स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर स्थिति की समीक्षा की मुख्य सचिव ने समीक्षा के दौरान दुर्ग भिलाई और कुछ अन्य शहरों में डेंगू पीड़ित मरीजों का उल्लेख किया उन्होंने जिला कलेक्टरों तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के साथ ही यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि अब डेंगू से किसी की भी मृत्यु न होने पाए उन्होंने राज्य के सभी शहरों और गांवों में जन जागरण अभियान चलाए जाने के भी निर्देश दिए मालगाड़ी दुर्घटना कोरिया जिले की पारडोल चिरमिरी स्टेशन के पास आज मालगाड़ी के छह डिब्बे पटरी से उतर गए इस हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई हैं घटना की सूचना मिलते ही अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं राहत और सुधार कार्य शुरू कर दिए गए हैं घटना के बाद कई यात्री ट्रेनें प्रभावित हुई है मिली जानकारी के मुताबिक यह घटना सुबह पांच बजे की बताई जा रही है घटना के बाद रेल यातायात बाधित हो गया है बिलासपुर से आने वॉली ट्रेन को मनेन्द्रगढ़ में रोक दिया गया जबकि मनेन्द्रगढ़ वाली ट्रेन को रीवा के लिए रवाना किया गया

साथ ही न्यायालय ने स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी को दो सप्ताह के भीतर पेंशन राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है गौरतलब है कि बाबूलाल लुनावत स्वतंत्रता सेनानी थे लेकिन उन्नीस सौ पच्यासी से लेकर मरणोपरांत तक उन्हें पेंशन नहीं दी गई इसके कारण उनकी पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पेंशन की मांग की थी माओवादी गिरफ्तार दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों की टीम ने एक महिला माओवादी को गिरफ्तार किया है मिली जानकारी के मुताबिक कुआकोंडा थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों की टीम सर्चिंग के लिए निकली थी

गिरफ्तार महिला माओवादी के खिलाफ विभिन्न थानों में हत्या आगजनी के अलावा अन्य गंभीर मामले दर्ज है फसल बीमा योजना प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत चालू खरीफ मौसम में बारह लाख तिहत्तर हजार से अधिक किसानों को बीमा दायरे में लाया गया है इनमें से ग्यारह लाख चार हजार से अधिक ऋणी तथा एक लाख उनहत्तर हजार अऋणी किसान शामिल हैं कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि राजनांदगांव जिले में सर्वाधिक एक लाख पचानवे हजार से अधिक किसानों का बीमा किया गया है जबकि सबसे कम दो हजार एक सौ पांच किसानों का बीमा नारायणपुर जिले में हुआ है उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ फसलों का बीमा कराने के लिए बीते इकतीस जुलाई तक का समय दिया गया था हवाई यात्रा मसौदा केन्द्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मार्गो पर किफायती हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना का मसौदा जारी कर दिया है उड़ान योजना के विस्तार के तहत इन रूटो की पहचान राज्य सरकारें करेंगी

इस योजना के अनुसार केवल उन राज्यों को प्रोत्साहन दिया जायेगा जो योजना को लागू करने में सहयोग देंगे

ईद उल अजहा ईद उल अजहा का पर्व आज प्रदेश में पारंपरिक श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है कूर्बानी के इस त्यौहार पर राजधानी रायप्र में आज सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी ईद के मद्देनजर प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं मस्जिदों और ईदगाहों के आसपास पुलिस बल भी तैनात किया गया था राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ईद उल अजहा के मुबारक मौके पर मुस्लिम समाज सहित आम जनता को हार्दिक बधाई और श्भकामनाएं दी हैं संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के रायपुर स्थित निवास में कल जनदर्शन कार्यक्रम नहीं होगा डॉक्टर सिंह कल राजनांदगांव जिले का दौरा करेंगे

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में जुलाई दो हजार अट्ठारह सत्र के लिए स्नातक स्नातकोत्तर डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा के लिए नामांकन की तिथि आगामी इकतीस अगस्त तक बढ़ा दी गई है

रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल में कल रात हाथी के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई

राजधानी रायपुर के समीप मंदिर हसौद इलाके में कल देर शाम एक महिला और उसके दो बच्चों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई

पुलिस ने उनके पास से पांच लाख रूपए से भी ज्यादा की नशीली दवाइयां जब्त की है